लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है इस तरह से यह विधेयक संसद से पास हो गया है अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा विधेयक में चिटफंड जैसी योजनाओं में पैसा जमा करने वालों के हितों की रक्षा के लिए अनियमित जमा योजनाओं पर रोक लगाने का प्रावधान किया गया है विधेयक में जमाकर्ताओं की राशि के भुगतान के लिए संपत्ति या परिसंपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान किया गया है

इसके तहत कंपनियों और व्यक्तियों के दिवालिया हो जाने की स्थिति के समाधान के लिए समयबद्ध प्रक्रिया का प्रावधान है

इससे पहले कांग्रेस डीएमके और तुणमूल कांग्रेस के सदस्यों ने विधेयक के कुछ प्रावधानों के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया विधेयक में आयोग का प्रावधान किया गया है जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमसीआई की जगह लेगा सरकार का दावा है कि नए आयोग से मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर अंकृश लगाया जा सकेगा

विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि इस बिल में राज्यों के अधिकार को कम कर दिया गया है मोदी डिस्कवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिस्कवरी चैनल के कार्यक्रम मैन वर्सेस वाइल्ड में एडवेंचर के लिए मशहूर टेलीविजन प्रजेंटर बेअर ग्रिल्स के साथ प्रकृति पर्यावरण और वन्य जीवों पर चर्चा करते नजर आएंगे

इसमें प्रधानमंत्री जंगल में घासों नदी घाटों के बीच ग्रिल्स के साथ एडवेंचर पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं

इस कार्यक्रम की शूटिंग उत्तराखंड के जिम कार्बेट नेशनल पार्क में इसी साल फरवरी में की गई थी इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कई साल तक जंगलों में प्रकृति के साथ रहने की वजह से इस कार्यक्रम के बारे में जब पूछा गया तो खूद को रोक नहीं पाया स्मार्ट गौशाला राज्य सरकार ने प्रदेष में स्मार्ट गौषालाओं को षुरू करने के लिए एसआईबीसीएस ग्रीन पावर प्राइवेट लिमिटेड के साथ कल सहमति पत्र पर दस्तखत किए पष् मंत्री लाखन सिंह यादव और जनसंपर्क मंत्री पीसी षर्मा की मौजूदगी में मंत्रालय में यह करार किया गया इसके तहत एसआईबीसीएस ग्रीन पावर प्राइवेट लिमिटेड प्रदेष में राज्य सररकार के सहयोग से स्मार्ट गौषालाएं खोलेगी और उसका संचालन करेगी

चन्द्रयान भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान दो को कल धरती की तीसरी कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कराया गया

यैज्ञानिकों ने कहा है कि अंतरिक्ष यान की सभी प्रक्रियाएं सामान्य रूप से चल रही हैं इस प्रकार की अगली प्रक्रिया दो अगस्त को की जाएगी

ये मिसाइलें हवा से हवा में मार करने की ताकत रखती हैं इन्हें लड़ाकू विमान सुखोई में तैनात किया जाएगा

रूस ने ये मिसाइलें अपने मिग और सुखोई सीरीज के लड़ाकू विमानों में तैनात किए हैं

इंदौर तथा धार जिले में दो दो और अलीराजपुर खरगोन तथा झाबुआ जिले में एक एक एफआईआर दर्ज हई है बाघ अखिल भारतीय बाघ आकलन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश ने देश के बाघ बहल राज्य का दर्जा बरकरार रखा है

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह दर्जा बरकरार रखने के लिए राज्य की जनता और राष्ट्रीय उद्यानों अभ्यारण्यों तथा बाघ संरक्षण से जुड़े संस्थानों के प्रबंधकों को बधाई दी है अदालत सजा सिवनी जिले की विशेष अदालत ने कल औषधि विभाग के नमूना सहायक नीलकंठ कहाते को रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराये जाने पर चार वर्ष की सजा सुनाई है

सीहोर ष्योपुर राजगढ़ जिले में कई इलाकों में बाढ का पानी भर गया है भिंड जिले में कल तेज बारिश के दौरान बिजली गिरने से विभिन्न स्थानों पर तीन लोगों की मौत हो गई शिवपुरी जिले में भी एक पिता पुत्र पर बिजली गिरने से बच्चे की मौत हो गई श्योपुर जिले में पिछले चार दिन से हो रही भारी बरसात से नैरोगेज रेलखंड के कालिया नदी पुल के कमजोर होने से रेलमार्ग कल पांचवे दिन भी ठप रहा राजधानी भोपाल में भी कल से रुक रुक पर बारिश का क्रम जारी है मौसम विभाग ने आज कटनी मंडला जबलपुर अन्पपुर विदिशा समेत कई जिलों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है

इससे प्रदेष में अच्छी बारिष हो रही है

पांचों आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया जायेगा

संस्कृति मंत्री डॉ विजय लक्ष्मी साधौ के मुख्य आतिथ्य में कवि सम्मेलन जाल सभागार में होगा